कोलम्बो दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मालदीव के बाद आज सुबह कोलम्बो पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना के आमंत्रण पर हो रही है राष्ट्रपति सचिवालय में स्वागत समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी की बैठक राष्ट्रपति सिरिसेना से होगी इसके बाद श्री मोदी विपक्ष के नेता महिन्द्रा राजपक्से और तमिल नेशनल एलायंस के नेताओं से मिलेंगे श्रीलंका में ईस्टर रविवार के आंतकी हमलों के बाद प्रधानमंत्री की यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है आतंकी हमलों के बाद श्रीलंका जाने वाले वे पहले नेता हैं इन हमलों में ढाई सौ से अधिक लोग मारे गए थे यह यात्रा पड़ोस पहले और क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास की भारत की विदेश नीति की भी परिचायक है मालदीव मोदी सम्मान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कल मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन प्रदान किया मालदीव की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक और सद्भाव संबंधों को और मज़बूत बनाने की दिशा में किए गये अनेक कार्यों के लिए दिया गया है मालदीव ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मालदीव को उदारता पूर्वक निरंतर सहायता प्रदान की है

प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत करने और भारत तथा मालदीव के बीच शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया प्रधानमंत्री ने मालदीव के लोगों से अपील की कि वे समुद्री अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करें दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गये इनमें जहाजरानी स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण से संबंधित समझौते ज्ञापन शामिल थे फसल ऋण माफी योजना मुख्यमंत्री कमल नाथ ने हर हाल में किसानों की कर्ज माफी करने का संकल्प दोहराया है उन्होंने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण को लागू करने के निर्देश दिये हैं जय किसान फसल ऋण माफी योजना में जिन किसानों की लोन माफी हो रही है वे कृषि संबंधी कार्यों के लिये जरूरत अनुसार नया लोन ले सकते हैं एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि नया लोन लेने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है पूर्व के वर्षो में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही उन्हें लोन मिलेगा नया लोन लेने से लोन माफी की राशि या उनकी पात्रता में कोई अंतर नहीं आयेगा किसान अपने ऋण का नवीनीकरण भी करा सकते हैं राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि बैंकों के नोड्यूज प्रमाण पत्र और भूमि बंधक मुक्त कराये जाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं अपेक्स बैंक की ओर से भी ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं इस संबंध में जिला स्तर पर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहना चाहिए

एक जून को नगरीय विकास आयुक्त पद से हटाकर सागर कमिश्नर बनाए गए गुलशन बामरा का आदेश राज्य सरकार ने सात दिन में बदल दिया उन्हें वित्त विभाग में सचिव पदस्थ किया गया है जनसंपर्क विभाग के सचिव पी नरहरि को वर्तमान दायित्वों के साथ साथ नगरीय विकास आयुक्त का भी जिम्मा सौंपा गया है शासन ने आपूर्ति निगम की एमडी सूफिया फारुकी वली का एक जून को कलेक्टर रायसेन किया गया तबादला भी निरस्त करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ उप सचिव उमाशंकर भार्गव को रायसेन का कलेक्टर बनाया गया है सूफिया फारुकी पूर्ववत पद पर बनी रहेंगी सागर कमिश्नर पद से हटाए गए शोभित जैन और उनके बाद जेके जैन को शासन ने मानवाधिकार आयोग और राजस्व मंडल भेज दिया

आयुक्त स्वास्थ्य नीतेश व्यास के अनुसार इस बार दस्तक अभियान में पुरूषों की सक्रिय भागीदारी के लिये ग्राम स्तर पर स्वस्थ ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा

रीवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभियान को लेकर कल जिला चिकित्सालय में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संभागायुक्त डाक्टर अशोक कुमार भार्गव ने अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

खंडवा नरसिंहपुर शिवपुरी भिंड मुरैना उज्जैन कटनी रायसेन डिंडोरी बैतूल शाजापुर खरगोन से भी अभियान की तैयारियों के समाचार मिले हैं

विद्युत प्रदाय कार्यवाही प्रदेश में विद्युत प्रदाय व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर तीन अधिकारी को निलंबित किया गया है वहीं इंदौर संभाग के अधीक्षण यंत्री के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया है मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी इंदौर के सनावद वितरण केन्द्र के सहायक यंत्री महेन्द्र कुमार नीम सरदारपुर वितरण केन्द्र के कनिष्ठ यंत्री सुनील मिश्रा और मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के सिरोंज वितरण केन्द्र के सहायक प्रबंधक राजनारायण शर्मा को विद्युत प्रदाय विनियमन में अनियमितता और अपने पद के दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर निलंबित कर दिया गया है वहीं इंदौर के अधीक्षण यंत्री अशोक शर्मा को इंदौर में विद्युत प्रवाह के अव्यवस्थित होने से परेशान उपभोक्ताओं के द्वारा सम्पर्क करने पर फोन नहीं उठाने उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई और समय पर निराकरण नहीं करने पर एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया मॉनसून केरल में एक सप्ताह की देरी के बाद कल दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी मौसम विभाग ने मानसून के केरल पहुंचने की पुष्टि की है विभाग ने आज के लिए केरल के आठ जिलों तिरुअनंतपुरम कोल्लम अलपुझा कोट्टयम एर्नाकुलम त्रिशूर मल्लाप्पुरम और कोझिकोड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है

हालांकि राजस्थान मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले चार पांच दिनों तक लू की स्थिति बनी रह सकती है

मौसम विभाग ने आज ग्वालियर गुना दतिया शिवपुरी होशंगाबाद छतरपुर श्योपुर रायसेन और खरगोन जिलों में तीव्र लू चलने की आशंका व्यक्त की है किकेट विश्वकप आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा ओवल मैदान पर होने वाला यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे शुरु होगा आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल ढाई बजे से राजधानी और एफएम रेनबो तथा डीटीएच हिंदी पर सुना जा सकता है

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया इंग्लैंड ने छह विकेट के नुकसान पर तीन सौ छियासी रन बनाए

वहीं दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराया